पैरा एथलीट दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रल और अन्य चौदह खिलाडियों को अर्जुन पुरस्कार से किया सम्मानित

निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश से रिक्त हुई दो राज्य सभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की तेईस सितम्बर को होगा मतदान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि तंदरुस्त और स्वस्थ राष्ट्र नये भारत की पहचान है कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरूआत करते हए उन्होंने कहा कि देश में तंद्रुस्ती जीवन का अनिवार्य हिस्सा रही है लेकिन समय के साथ लोग इसके प्रति उदासीन हो गये हैं उन्होंने कहा कि टैक्नोलॉजी के आने के साथ ही शारीरिक गतिविधिया कम हो गई हैं फिटनेस अभियान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अनियमित जीवन शैली से मध्मेह और रक्तचाप जैसे विकार हो रहे हैं जो जीवनशैली में बदलाव लाने से ठीक हो सकते हैं उन्होंने कहा कि फिट इंडिया अभियान से लोग इन बदलावों के लिए प्रेरित होंगे प्रधानमंत्री ने लोगों से इस अभियान से जुड़ने को कहा फिटनेस भी एक परिवार की सफलता का मानक होना चाहिए व्यक्ति के जीवन की सफलताओं में भी फिटनेस उसका एक मानक होना चाहिए अगर इन भावों को लेकर के हम चलते है और राज्य सरकारें हों मैं उनको भी कहूंगा कि फिट इंडिया मूवमेंट को ज्यादा से ज्यादा विस्तार देने इसे देश के दूरदराज वाले क्षेत्रों में भी पहुंचाने के लिए हर कोई आगे आए प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि ये पहल समय की आवश्यकता है और इससे देश का स्वस्थ भविष्य होगा हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द को याद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा आज का दिन भारत के नौजवान खिलाडियों को बघाई देने का है जो विश्व मंच पर देश के तिरंगे को लगातार नया गौरव प्रदान कर रहे हैं आज का यह दिन हमारे उन युवा खिलाड़ियों को बधाई देने का भी है जो निरंतर दुनिया के मंच पर तिरंगे की शान को नई बुलंदी दे रहे हैं हमारे खिलाड़ी हमारी उम्मीदों और आकांक्षाओं को नए पंख लगा रहे हैं खेलमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि देशवासियों के सहयोग से यह अभियान नई ऊंचाइयां छूएगा मेजर ध्यानचन्द की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाई जाती है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर के तुलसीपुर नगर में माँ आदिशक्ति पाटेश्वरी पब्लिक स्कूल में युवाओं की दौड़ टीम को हरी झंडी दिखाकर फिट इण्डिया अमियान की शुरूआत की इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हये मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिये हमें किसी अन्य व्यक्ति पर निर्मर नही रहना चाहिये परम्परागत खेलों से हम खुद को हमेशा स्वस्थ रख सकते हैं कार्यक्रम को प्रदेश के खेल मंत्री उपेन्द्र तिवारी ने भी सम्बोधित किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल शाम नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार प्रदान किए पैरा एथलीट दीपा मलिक को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया यह सम्मान हासिल करने वाली दीपा पहली महिला पैरा एथलीट खेल रत्न बन गई हैं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुने गए पहलवान बजरंग पुनिया विश्व चैंपियनशिप की तैयारी के लिए विदेश में अपने प्रशिक्षण में व्यस्त होने के कारण समारोह में शामिल नहीं हो सके अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किये जाने वाले खिलाडियों में फूटबॉल खिलाड़ी ग्रप्रीत सिंह संघ हॉकी खिलाड़ी चिंगलेन साना कांग्जम धावक मोहम्मद अनस हैप्टाथलिट स्वप्ना बर्मन और निशानेबाज अंजुम मुदगिल प्रमुख हैं क्रिकेट खिलाड़ी रविन्द्र जडेजा वेस्टइंडीज दौरे के कारण पुरस्कार समारोह में शामिल नहीं हो सके आईपीएस अधिकारी अपर्णा क्मार को लैंड एडवेंचर वर्ग में तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसके अलावा राष्ट्रपति ने द्रोणाचार्य पुरस्कार द्रोणाचार्य लाइफटाइम पुरस्कार ध्यानचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार भी प्रदान किए राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने कल लखनऊ के राजभवन में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया समारोह में पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एक सौ चार खिलाड़ियों के साथ ही इकतीस प्रशिक्षकों एवं टीम प्रबंधकों को सम्मानित किया गया इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ्य रह कर ही भारत विश्व ग्रू की परिकल्पना को साकार कर सकता है उन्होंने विश्वविद्यालयों से खेल के पाठ्यक्रमों को शामिल करने पर विचार करने के लिये कहा राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने विश्वविद्यालयों से गांवों को गोद लेने और उनमें टीबी एवं कुपोषण को दूर करने के लिये योजनाबद्द तरीके से काम करने की अपील की

इसके साथ ही उन्होंने नई भर्ती प्रक्रिया को प्री पारदर्शिता के साथ निश्चित समय में पूरा करने को कहा है उप मुख्यमंत्री लखनऊ में चयन बोर्ड के अध्यक्ष और अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे थे उन्होंने आगामी बोर्ड परीक्षाओं को नकलविहीन कराने के लिये माध्यमिक शिक्षा परिषद और विभागीय अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये श्री शर्मा ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्व कठोर कार्रवाई की जायेगी केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भ्रष्टाचार मुक्त शासन और निर्णायक नेतृत्व पर जोर देते हुए दो हजार चौबीस तक भारत को पचास खरब डालर की अर्थव्यवस्था बनाने की सरकार की प्रतिबद्दता दोहराई है उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र को मजबूत करने की जरूरत है

श्री जावड़ेकर कल नई दिल्ली में सतत विकास और पचास खरब डालर की अर्थव्यवस्था के बारे में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य तय किया है उत्तर प्रदेश इस लक्ष्य को पूरा करने में ग्रोथ इंजन बनेगा मुख्यमंत्री कल लखनऊ में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एण्ड मीडियम इंटरप्राइजेज एम एस एम ई के सम्मेलन को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को पांच ट्रिलियन डॉलर बनाने में एम एस एम ई की महत्वपूर्ण भूमिका होगी श्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पारम्परिक उद्योगों को बढ़ावा दिया है इससे निर्यात में हमारा प्रदेश अग्रणी बना है और हम चौदह लाख लोगों को रोजगार दे सके हैं इस अवसर पर एम एस एम ई के केन्द्रीय राज्य मंत्री प्रताप चन्द सारंगी भी मौजूद रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल चन्दौली जिले के रामगढ़ में श्रीकीनाराम जी के चार सौ बीसवें जन्मोत्सव के समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने श्रीकीनाराम जी के चरण पादुका की पूरे विधि विद्यान से पूजा अर्चना की श्री योगी ने उनकी कुटिया विश्राम कक्ष और उनसे जुडे स्थलों का भ्रमण किया मुख्यमंत्री ने पर्यटन मंत्री नीलकण्ठ तिवारी को इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए निर्देश भी दिया इसी दौरान मुख्यमंत्री ने जनपद के शहीद चंदन राय के माता पिता को अंगवस्त्रम भेट कर उनका सम्मान किया और कहा कि हम सब हर समय आपके साथ हैं

ये सीटें भाजपा में शामिल होने के लिए समाजवादी पार्टी के सदस्यों के इस्तीफा देने के कारण रिक्त हो गई थीँ उपचुनाव तेईस सितंबर को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी निर्वाचन आयोग ने कहा कि उपचुनाव के लिये नामांकन पत्र पांच सितंबर से दाखिल किये जायेंगे और बारह सितम्बर नामांकन भरने की आखिरी तारीख होगी नामांकन पत्रों की जांच तेरह सितम्बर को होगी जबकि सोलह सितम्बर नाम वापसी की अंतिम तारीख है